प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जोधपुर और जैसलमेर के आर्मी वेलनेस सेंटर में ईरान से लाए गए भारतीयों को अब पहुंचाया जा रहा है उनके घर

श्री मोदी लॉकडाउन के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे इस अवसर पर प्रधानमंत्री एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एपलिकेशन की शुरूआत करेंगे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस एकीकृत पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाओं को तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में मदद मिलेगी इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की भी शुरूआत करेंगे पंचायती राज दिवस पर सरकार बेहतर कार्य करने वाले पंचायतों और राज्यों को सम्मानित करती है और इस वर्ष ऐसे चार पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है

इसे देश में जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन माना जाता है

कोरोना रोगियों के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है

जिला मुख्यालयों पर स्थित मात और शिशु कल्याण केन्द्र मात और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को निर्वाध जारी रखा गया है साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी प्रसव सुविधाए उपलब्ध हैं

जयपूर के सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में कोरोना प्रभावित हॉटस्पॉट से आने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है दूसरी ओर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के चिकित्साकर्मियों को संकमण से बचाने के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा कई कदम उठाये गये हैं अस्पताल के अधीक्षक डॉ डीएस मीणा ने बताया कि अतिआवश्यक होने पर ही सर्जरी की जा रही है

उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित रोगियों के अलग ऑपरेशन थियेटर अलग आईसीयू वार्ड बनाया गया है

उन्होंने राज्य में चल रही उनकी गतिविधियों की जानकारी ली श्रीमती भण्डारी ने प्रधानमंत्री द्वारा उनके क्षेत्र के प्रति सरोकार रखने पर आभार व्यक्त किया

इतने लम्बे समय तक घर में ही बंद रहने के कारण लोगों में चिड़चिड़ापन और तनाव जैसी कई मानसिक समस्याएं सामने आ रही है इनके बारे में आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग ने एसएमएस अस्पताल में मनोचिकित्सा केन्द्र के प्रोफेसर अनिल तांवी के साथ बात की

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं

राज्य के बीकानेर जयपुर कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं आंधी तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है